आपदा प्रबन्धन केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत विश्व स्तर पर आपदा प्रबंधन में सहयोग बढ़ाने के लिये प्रतिबद्ध है श्री शाह ने आज नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की एक बैठक में कहा कि भारत मानवीय सहयोग के लिये नये विकल्पों की तलाश के प्रति उत्सुक है उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के लिये क्षेत्र के सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिये उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस तरह के प्रयासों से सदस्य देशों के बीच सहयोग के नये रास्ते खुलेंगे सीएम अपील मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जमीन की उपजाऊ क्षमता बनाये रखने और प्रदूषण पर नियंत्रण करने के उददेश्य से किसानों से पराली न जलाने का आग्रह किया है श्री नाथ ने कहा है कि पराली जलाने से जमीन की उपजाऊ क्षमता बनाये रखने में मददगार सुक्ष्म जीवाणु और जीव नष्ट हो जाते हैं उन्होंने कहा कि राज्य में अतिवृष्टि से हए नुकसान को देखते हुए राज्य सरकार केन्द्र से मदद हासिल करने के लिये हर संभव प्रयास कर रही है ताकि किसानों को यथाशीघ्र मदद की जा सके अयोध्या शान्ति व्यवस्था राज्य सरकार ने अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के संभावित फैसले को देखते हुए अधिकारियों को राज्य में शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं कल भोपाल में गृह और पुलिस विभाग के अधिकारियों की हुई महत्वपूर्ण बैठक में गृहमंत्री बालाबच्चन ने कहा कि भडकाऊ समाचार और संदेश फैलाने वाले सोशल मीडिया और बेब साइटों पर विशेष ध्यान देने की बात कही है श्री बच्चन ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये हैं गौरतलब है कि केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने भी इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को सतर्क रहने की बात कही है

हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह का ग्यारहवां दिन हरि प्रबोधिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है

आज से ही हिंदू विवाह और अन्य मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं राजधानी भोपाल में भी इस मौके पर श्रद्वालु विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चन कर रहे हैं

खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में आज तड़के पांच दिवसीय पंचकोशी यात्रा की शुरूआत हई